जयराम ठाकुर ने कहा कि सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए लोगों के स्वास्थ्य की चिकित्सीय जांच की जा रही है और लाहौल घाटी में संचार माध्यमों को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक घाटी में विद्युत आपूर्ति बहाल नही कर दी जाती तब तक सौर उर्जा के माध्यम से लोगों को बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है बचाव अभियान इस बीच लाहौल स्पिति जिले के विभिन्न भागों में बर्फ के बीच पिछले लगभग एक हफ्ते से फंसे पर्यटकों व अन्य लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वायु सेना के सहयोग से चलाया गया बचाव अभियान आज सम्पन्न हो गया

टास्क फोर्स के कमांडेंट विंग कमांडर संदीप कुमार अहुजा के दिशा निर्देशानुसार हैलीकॉप्टरों ने छतड़ छोटा दड़ा पटसेउ और अन्य दुर्गम क्षेत्रों से पर्यटकों व कामगारों को कुल्लु पहुंचाया

कृषिमंत्री रामलाल मारकंडा ने रैस्कयू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक चलाने पर सभी का आभार जताया राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों से भारतीय नस्ल की गाय पालने का आहवान किया है

राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में बीमारी का प्रमुख कारण उपयोग में लाए जाने वाले खाद्यान्नों में मिलावट का होना है जिसके मद्देनजर प्रदेश में शून्य लागत प्राकृतिक कृषि अभियान शुरू किया गया है जिसका आधार देसी गाय है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि भारतीय नस्ल की गाय जहां दूध भी अधिक देती वहीं उसका गोबर व अन्य पदार्थ कृषि के लिए उपयोगी है विधानसभा समिति झारखण्ड विधानसभा की अधीनस्थ विधायन समिति ने सभापति राज किशोर की अध्यक्षता में शिमला स्थित प्रदेश विधानसभा सचिवालय में आज सचिव यशपाल शर्मा के साथ एक बैठक की इस दौरान समिति ने सदन का अवलोकन किया और देश की पहली ई विधान प्रणाली की जानकारी भी हासिल की सत्ती भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि केन्द्र व प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए जनहित कार्यो के बल पर लोकसभा चुनाव जीते जाएंगे पांवटा साहिब में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जल्द ही केन्द्र सरकार पैट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने की तैयारी कर रही है जिसको लेकर राज्य सरकारों से बात चल रही है उन्होंने कांग्रेस पर धर्म व जाति के आधार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया सत्ती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को केवल झूठे प्रचार और भ्रातियां फैलाने में महारत हासिल है और वर्तमान सरकार द्वारा अभी जिन कामों के टैंडर किए जा रहे हैं उनमें भी कांग्रेस को घोटाले और भ्रष्टाचार नजर आ रहा है प्रशिक्षण शिविर सोलन स्थित राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद में हाल ही में नवनियुक्त महाविद्यालय प्रचार्यों के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई समापन सत्र में शिक्षा सचिव अरूण कुमार ने इन प्रचार्यों को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने सहित विभिन्न ज्वलंत विषयों पर जानकारी दी इस कार्यशाला में प्राचार्यों को वित्त व कॉलेज प्रबंधन सहित पोक्सो एक्ट आरटीआई सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्रदान की गई जयंती प्रदेश कला संस्कृति व भाषा अकादमी शिमला द्वारा सोलन में प्रदेश के प्रख्यात विद्वान आचार्य दिवकार दत्त शर्मा की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान संस्कृत व हिन्दी के विद्वानों ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालकर उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित की कार्यक्रम के दौरान सरकार से संस्कृत भाषा को द्वितीय राष्ट्रभाषा घोषित करने की भी मांग की गई है